प्रश्नकाल स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा में कार्यरत निजी एजेंसियों के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और जहां कम वेतन का भुगतान हो रहा है उसकी जानकारी उन्हें दी जाए ताकि जांच करवायी जा सके

जबकि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन सहित नालागढ़ रिकांगपिओ ऊना व कोटली और दंत चिकित्सालय शिमला में होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं प्रदेश में सीमेंट के दाम पंजाब से अधिक होने संबंधी कांग्रेस के लखविंद्र सिंह राणा के सवाल पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र ने सदन को आश्वस्त किया कि सीमेंट के दाम घटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी उन्होंने कहा कि ट्रांसर्पोटेशन अधिक होने के अलावा अनेक अन्य कारणों से प्रदेश में सीमेंट महंगा है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने भाजपा के राकेश जमवाल द्वारा सुंदरनगर में लगाए मॉडल भूमिगत कूड़ेदानों संबंधी सवाल पर बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत धर्मशाला सुंदरनगर और पांवटा के लिए भूमिगत कूड़ेदान लगाए गए हैं

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने बताया कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा किए गए विदेशी दौरों की जांच की जाएगी